गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया विधेयक का उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करना है राजस्थान उच्च न्यायालय ने अदालतों में न्यायाधीशों को माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों से संबोधित करने पर रोक लगायी

गुरू पूर्णिमा पर्व पर आज प्रदेशभर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम

गृहमंत्री अभित शाह ने कल इस विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि एनआईए आतंकी घटनाओं की जांच के समय आरोपी व्यक्तियों की धार्भिक पहचान को नहीं देखता

विधेयक पेश करते समय उन्होंने आशा व्यक्त की कि जांच एजेंसी विदेशों में भारतीय दूतावासों और परिसम्पत्तियों के खिलाफ आतंकी हमलों की जांच कर सकेगी

उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसी के द्रूरपयोग की संभावना बढ़ जाएगी श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है

श्री गंगवार ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक निर्धारित राशि का भूगतान करना होगा और केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि लाभार्थी के खाते में जमा कराएगी राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने न्यायालयों में न्यायाधीशों को माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों से संबोधित नहीं करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया है उच्च न्यायालय की ओर से कल जारी एक नोटिस में कहा गया है कि संविधान में समानता की भावना का सम्मान करते हुए फूल कोर्ट की हुई बैठक में वकीलों और इस संबंध में न्यायालय को मिली विभिन्न अर्जियों को ध्यान में रखकेर यह प्रस्ताव पारित किया गया वकीलों द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि इस निर्णय से सभी को बराबरी का अहसास होगा

प्रतिनिधियों ने बजट में यात्री वाहनों पर लगाए गए कर में वृद्धि को कम करने का अनुरोध किया है बस ऑपरेटर्स का कहना था कि प्रस्तृत बजट में पर्यटन और यात्री वाहनों के ं कर में अधिक बढोतरी किए जाने से रोजगार और पर्यटन पर असर पड़ेगा उनका कहना था कि राज्य में पड़ोसी राज्यों की तुलना में करों की दरें पहले ही अधिक हैं प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में टिड्डी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने विभागीय अधिकारियों को प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं श्री गोयल ने कहा है कि किसी क्षेत्र में टिड्डियों के आने की सूचना मिलने पर कृषि अधिकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का आंकलन करें यदि टिड्डियों की संख्या ज्यादा पायी जाती है तो आवश्यकता अनुसार टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव और अन्य जरूरी कार्रवाई तत्काल करें इस संबंध में किसानों और स्थानीय लोगों को भी आवश्यक जानकारी दें और उनके संशयों का मौके पर ही निराकरण करें

ये कार्यकम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि इस भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की उपचार के दौरान मौत हुई उधर बाड़मेर जिले में अलग अलग हादसों में करंट लगने से दो किसानों की मौत हो गई

आज गुरू पूर्णिमा पर्व है राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुरू पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरू पूर्णिमा का विशेष महत्व है हमें युवा पीढ़ी को सिखाना है कि वे अपने अध्यापको और बड़ों का सम्मान करें और उनके दिखाए मार्ग पर चले तथा देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं

मंदिरों देवालयों आश्रमों और मठों में गुरू पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आज देर रात आंशिक चंद्रग्रहण रहेगा

ग्रहण की वजह से देशभर में मंदिरों के पट दोपहर बाद हो जाएंगे जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के पट चंद्रग्रहण के दौरान खूले रहेंगे वहीं गलता पीठ में चंद्रग्रहण के दौरान रात डेढ़ बजे से तड़के साढ़े चार बजे तक विशेष हवन किया जाएगा कृषि विभाग के उपनिदेशक के नेतृत्व में कल जयपूर के रीको औद्योगिक एरिया के जेतपूरा में बिना लाइसेंस अवैध उर्वरक का उत्पादन कर रही एक फैक्ट्री को सीज किया

गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया विधेयक का उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करना है